इस बीच भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति की चौथी बैठक कल शाम नई दिल्ली में हुई जानकारी के अनुसार कांगड़ा से सांसद शांता कुमार ने चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया है वहीं हमीरपुर सीट के लिये सांसद अनुराग ठाक्र का नाम लगभग तय माना जा रहा है शिमला मंडी और कांगड़ा सीट के भाजपा प्रत्याशियों पर अभी मंथन जारी है

अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव केसी वेन्गोपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल होंगे

इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इनका बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा प्रदेश में शहीदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है सोलन जिले के अर्की में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारतीय सेना से सेवानिवृत कैप्टन बाबू राम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे वहीं शिमला के संजौली में डीवाईएफआई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा उधर कांगड़ा के उपायुक्त व जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि रेडक्रॉस सोसायटी धर्मशाला और जिला प्रशासन के सहयोग से आज शहीदी दिवस के मौके पर धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा उन्होंने सभी से रक्तदान शिविर में बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की है

मनोहर लोहिया एक ऐसे विद्वान और मौलिक विचारक थे जिन्होंने दूसरे दलों के लोगों को भी प्रेरणा दी विनिवेश देश में चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से पांच हजार करोड़ रुपये अधिक का विनिवेश हुआ है टवीटर पर एक संदेश में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विनिवेश से अस्सी हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि लगभग पचासी हजार करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं खीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव में लोगों की सहभागिता बढ़ाने और शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश भर में स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्रम्मा और राजकीय उच्च पाठशाला डाबरी में सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज गुप्ता ने अध्यापकों व विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं वहीं जनजातीय जिला किन्नौर व लाहौल स्पिति में मौसम साफ बना हुआ है राजधानी शिमला में बादलों सहित हल्की ध्रप खिली हुई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के टिकट आबंटन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है दिल्ली पहुंचे शांता का चुनाव लड़ने से इन्कार नड्डा और कपूर का नाम चला हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हमीरपुर से अनुराग ठाकुर तय कांगड़ा में शांता के बाद कौन दिव्य हिमाचल के अनुसार शांता कुमार हटे कप्र कश्यप के नाम फाइनल पंजाब केसरी का शीर्षक है शांता कश्यप के टिकट पर संशय दैनिक भास्कर के मुताबिक शांता का चुनाव लड़ने से इन्कार कोई नजदीकी हो सकता है कांगड़ा से प्रत्याशी दैनिक जागरण लिखता है शांता नहीं लड़ेंगे चुनाव कांगड़ा में नड्डा या मंत्रियों पर विचार इसी अखबार की एक अन्य खबर है वीरभद्र का इन्कार बताए पसंदीदा चेहरे चार सरकार ने फिर लिया सात सौ करोड़ का लोन हिमाचल दस्तक की एक खबर है

हिमाचल हाईकोर्ट को मिलेंगे तीन जज पंजाब केसरी की एक खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स व आपका फैसला की एक जैसी खबर है ऑनलाईन ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ रामपुर पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस की मदद से पकड़े चार शातिर पीजी के बाद गायब सात विशेषज्ञ डॉक्टर बर्खास्त शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की मोहर